इस समारोह की शुरुआत प्रभात फेरी से होगी प्रभातफेरी में शामिल लोग गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन गायेंगे प्रभातफेरी में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगें इसी तरह के आयोजन पूरे राज्य में किये जायेगें कांग्रेस की भोपाल इकाई के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया कि प्रभात फेरी सुबह रोशनपुरा चौक से शुरू होगी जो मिण्टो हाल पर समाप्त होगी

साथ ही खादी कला प्रदर्शनी और महात्मा गांधी कला अभिव्यक्तियां के अंतर्गत मध्यप्रदेश में महात्मा और मोहन से महात्मा प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी गांधी जी के आचार विचार पर केन्द्रित प्रकाशनों और ऑडियो सीडी का विमोचन भी होगा

इंदौर में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे वही धार में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित तीन तीन दिवसीय चित्रांकन कार्यशाला कल सम्पन्न हो गयी

इस अभियान में ई नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इसके लिए जरूरी कम्प्यूटर लेपटॉप आदि की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही की जाएगी अभियान के दौरान राज्य स्तर पर प्रतिदिन अपर आयुक्त द्वारा नगरपालिका अभियान की समीक्षा की जाएगी इसकी पूरी रिपोर्ट प्रतिदिन प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास और आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रतिदिन दी जायेगी

इसमें सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च शिक्षा व्यवस्था से सम्बद्ध विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी शामिल होंगे बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति और राज्यपाल लालजी टंडन करेंगे बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की जाएगी श्री टंडन ने पिछले दिनों विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षक छात्र कल्याण के प्रयासों की निरंतर मानीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं बैठक में विश्वविद्यालयों की प्रशासन और शैक्षणिक गतिविधियों और उच्च शिक्षा में सुधार कार्यों को प्रभावी रूप देने के लिए रोड मैप बनाने पर विचार होगा शिक्षक छात्र कल्याण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को उत्कृष्ट स्तर प्रदान करने की कार्य योजना पर भी विचार किया जाएगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर चेन्नई जा रहे हैं वे वहां भारत सिंगापुर हैकेथॉन के दूसरे संस्करण में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे यह हैकेथॉन मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शनिवार को संपन्न हुआ था प्रधानमंत्री मोदी संस्थान के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में पिछले वर्ष नवंबर में स्मार्ट कैंपस थीम के तहत हैकेथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था नवरात्र शक्ति की आराधना का त्यौहार शारदीय नवरात्र का आज द्रसरा दिन है श्रद्दालु आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं नौ दिनों की यह त्योहार कल मां दुर्गा कं शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ इन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर देवी मां की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं सतना जिले के मैहर में कल नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा के दर्शन करने के लिए पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

भाजपा ने कल भानु भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया रैली निकालकर अपना नामाकन फार्म भरेंगे नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहेंगे भाजपा के भानू भूरिया दोपहर में राजवाडा चौक पर सभा कर कर अपना नामाकन फार्म भरेंगे इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित रहेंगे

मौसम प्रदेश में मानसून अब भी सक्रिय है सीधी और सिंगरौली जिलों में पिछले चार दिनों से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं श्योपुर जिले में बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त है मौसम केंद्र के अनुसार अगले दो तीन दिन तक प्रदेष के कई स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है

वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में चक्रवती घेरा बना है इससे प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है

मौसम विभाग के अनुसार आज रीवा सतना सीधी सिंगरोली अनूपपुर शहडोल उमरिया डिंडोरी सिवनी बालाघाट दमोह छत्तरपुर रतलाम नीमच मंदसौर एवं श्योपुर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है पुरामर्श केन्द्र प्रदेश में बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यस्तरीय और विकासखण्ड स्तर पर शेष परामर्श केन्द्र खोले जायेंगे लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है इन केन्द्रों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जायेगी

श्री शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक व्याख्यान में कहा कि राज्य में अगले चार पांच दिनों में तहसील और पंचायत स्तर के चुनाव की घोषणा कर दी जायेगी इन चुनावों के बाद राज्य में विकास की गति तेज हो जायेगी